शोतकालीन सत्र के पहले दिन संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बजट प्रस्तावों को सदन के पटल पर रखा प्रदेश सरकार ने अनपरक बजट प्रस्तावों में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की है बजट प्रस्तावों में प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए एक हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि की मांग की गयी है इसमें पूर्वाचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए पांच सौ करोड़ रूपये बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए दो सौ करोड रूपये पूर्वाचल एक्सप्रेस वे के ऋण की समय पूर्व अदायगी के लिए नौ सौ साठ करोड रूपये का प्रावधान है इसके अलावा डिफेंस एक्सपो इण्डिया दो हजार बींस के आयोजन के लिये छियासी करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि का प्रस्ताव है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से नागरिकता संशोधन अधिनियम दो हजार उन्नीस के नाम पर अफवाह फैलाने वालों पर नेजर रखने को कहा उन्होंने सुझाव दिया कि वे समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों धर्माधिकारियों से बात कर उन्हें यह समझायें कि यह कान्न किसी धर्म या जाति के विरूद्व नहीं हैं श्री योगी ने कहा कि जो लोग आगजनी कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि दंगाई हैं उन्होंने कानून हाथ में लेने वालों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों पर कथित रूप से पुलिस अत्याचार वाली याचिकाएं पहले उच्च न्यायालय में पेश की जानी चाहिए न्यायालय ने सवाल किया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बसों को क्यों जलाया गया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले निचली अदालतों में जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल या एसएमएस से प्राप्त लिंक पर अपने सुझाव दे सकते हैं यह सुझाव इस महीने की अट्ठाईस तारीख तक दिये जा सकते हैं देश के महान स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का बलिदान दिवस आज गोंडा के जिला कारागार में राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया इस अवसर पर जिला कारागार में भारत मां के इस महान सपृत को श्रद्धासमन अर्पित कर स्मरण किया गया

उन्होंने बताया कि कारागार के फांसी घर को अब लाहिडी उद्यान के रूप में जाना जाता है आज यहां जनपद न्यायाधीश प्रदीप ग्रुप्ता जिलाधिकारी नितिन बंसल और अमर ाहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की पोती गीता लाहिड़ी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अमर जवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावमीनी श्रदांजलि दी प्रदेश के उत्तरी भागों में पहाड़ों पर हो रहे हिमपात ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में ठंड के और बढने की संभावना व्यक्त की है मेरठ बदायूं पीलीभीत समेत प्रदेश के पश्चिमी अंचल में भी ठंड बढने के कारण बाजारों रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की कम आवाजाही देखी जा रही है लखीमपुर में तापमान में तेजी से गिरावट के बाद प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाए गए और रैन बसेरों में कम्बल बांटे गए जौनपुर के जिलाधिकारी ने आगामी दो दिनों बुधवार और बुहस्पतिवार को जनपद के नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी ॅनिजी व सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है दिल्ली की एक अदालत ने दो हजार सत्रह के उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व सदस्य और विधायक कूलदीप सिंह सेंगर को सजा देने की सुनवाई बीस दिसम्बर तक स्थगित कर दी न्यायालय ने सेंगर की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए उसके नामांकनपत्रों का विवरण मांगा है ताकि उस पर जुर्माना निर्धारित किया जा सके इस बीच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा की मांग की है अदालत दो हजार सत्रह में एक बालिका के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले में कल दोषी ठहराये गये सेंगर को सजा के मामले की सुनवाई कर रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक द्वर्घटना में लखनऊ निवासी सीआरपीएफ के डी आई जी शैलेन्द्र विक्रम सिंह की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है दो दिन पूर्व रविवार को जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर चलती गाड़ी पर चट्टान गिर जाने से सीआरपीएफ के डीआईजी शैलेन्द्र विक्रम सिंह समेत दो लोगों की मृत्यु हो गयी थी